हमेशा की तरह इंदौर को पूरे देश में सफाई में पहला स्थान मिला है वहीं भोपाल को पांचवां और जबलपुर को ग्यारवां स्थान मिला है आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण की प्रथम और द्वितीय तिमाही के परिणाम घोषित कर दिये हैं इन परिणामों में प्रदेश के तीनों शहरों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है हालांकि यह अंतिम नतीजे नहीं है

अभी जारी सूची में गुजरात का राजकोट दूसरे और महाराष्ट्र का ठाणे शहर तीसरे स्थान पर हैं इन नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि हमारी असली परीक्षा की घड़ी आने वाली हैं हमें उसमें भी प्रथम आना है और स्वच्छता का चौका लगाना है गौरतलब है कि इंदौर बीते तीन वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान बना हुआ है

श्रीमती सीतारमण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से चर्चा करते हुये बताया कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजना के तहत एक से दो लाख करोड़ का निवेश होगा जिसमें राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की भी सहमति होगी

इसके बाद फास्टैग की बिक्री में काफी बढ़ोत्तरी हुई है गौरतलब है कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल चुकाने के लिए फास्टैग की सुविधा शुरू की गई है अभी तक वाहनों के लिए एक करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किये गये हैं

दूसरी ओर फास्टैग के रिचार्ज को आसान बनाने के लिए भीम यूपीआई एप को भी शामिल किया गया है एयर इंडिया नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह प्ररी ने कहा है कि उनका मंत्रालय आगामी दिनों में एयर इंडिया के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति संबंधी सूचना जारी करने की कोशिश करेगा उन्होंने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि एयर इंडिया अव्वल दर्जे की एयर लाइन कंपनी है लेकिन इसका निजीकरण बहुत जरूरी हो गया है

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

मौसम प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है कई जिलों में शीतलहर का असर है सागर रीवा शहडोल जबलपुर अनूपपुर शिवपुरी मुरैना ग्वालियर चंबल उज्जैन और भोपाल संभाग में शीतलहर रही जबकि कई संभागों में कहीं कहीं तीव्र शीतलहर का असर रहा तो कुछ संभागों में घना कोहरा छाया रहा इसके कारण कुछ रेलगाड़िया देर से चल रही है शीतलहर और कोहरे की वजह से आम जन जीवन और आवागमन प्रभावित हुआ है आज नरसिंहपुर जिले में आज बारिश हुई

प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया कई जिलों में प्रशासन ने ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था की है

मेले और सांस्कृतिक आयोजनों के अलावा प्रमुख पर्यटन स्थलों पर नववर्ष मनने के लिए लोग एकत्र हुए हैं भोपाल के भेल दशहरा मैदान और कलियासेत मैदान में मेले का आयोजन किया गया है

जिस पर गीत संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होंगे इस अवसर पर लेजर शो भी दिखाया जायेगा प्रदेश के भोपाल इंदौर सहित अन्य प्रमुख शहरों के होटलों और रेस्टोरेंट में भी नववर्ष की पूर्व संध्या पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए युवाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है

प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तत्वावधान में होगा इस संबंध में कल हुई एक बैठक में पुलिस अकादमी के निदेशक पवन श्रीवास्तव तैयारियों का जायजा लिया